हमारे कुल्लू प्रतिनिधि के अनुसार भारी वर्षा के चलते कुल्लू जिले में मणिकर्ण घाटी के काटागला गांव में तीन घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं हालांकि किसी के हताहत होने का समाचार नहीं है प्रशासन द्वारा राहत व बचाव कार्य जारी है चंबा से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार पठानकोट चम्बा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तत्वानी के समीप भूस्खलन के चलते ये मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिये अवरुद्ध है सिरमौर जिले में भूस्खलन से अवरुद्ध हुए संगड़ाह हरिपुर धार चौपाल मार्ग बड़े वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है उधर किन्नौर से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि कड़छम छितकुल मार्ग भी चट्टाने खिसकने से अवरुद्ध है अन्य जिलों में भी भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है और नदी नालों के जलस्तर में भी अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है

विभाग ने मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है स्कल बंद दूसरी ओर भारी वर्षा के चलते प्रदेश के शिमला सोलन कुल्लू किन्नौर मंडी चम्बा ऊना और कांगड़ा जिला प्रशासन ने आज पहली से बारहवीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किये हैं शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा है कि इस सम्बंध में जिले के सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिये गए हैं आपदा प्रबंधन इस बीच प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग ने सूचना जारी करते हुए कहा कि राज्य में बीती रात से हो रही लगातार बारिश से कई स्थानों पर रास्ते अवरुद्ध हुए हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि घरों से बाहर निकलने से पहले वे रास्तों के बारे में जानकारी हासिल कर लें कायाकल्प खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने देशी नस्ल की गाय पालन को स्वरोज़गार के रूप में अपनाने का आहवान किया है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे के प्रति गम्भीर है और इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं इस अवसर पर सांसद शांता कुमार ने योग और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रमों में शामिल करने की वकालत की उन्होंने प्रदेश में नशे की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताई और इसकी रोकथाम के लिए सरकार के साथ साथ लोगों से आगे आने का आह्वान किया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचापत्रों ने मॉनसून की वर्षा से सोलन जिले के बरोटीवाला में हुए नुकसान से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है भारी बारिश से दीवार गिरी पति पत्नी व बच्चे की मौत दैनिक जागरण का शीर्षक है जानलेवा हुई बारिश तीन की मौत अमर उजाला के मुताबिक बारिश का कहर दीवार गिरने से पति पत्नी और बच्चे की मौत दिव्य हिमाचल लिखता है बेरहम बरसात ने निगली पांच जिन्दगियां दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है रिटेनिंग दीवार गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत दैनिक भास्कर के शब्द हैं बारिश के बाद बरोटीवाला में झुग्गी पर गिरी दीवार परिवार के तीन की मौत

दैनिक भास्कर बतौर स्वास्थ्य मंत्री लिखता है डॉक्टरों ने टूअर के बहाने छुट्टी मारी तो सख्त कार्रवाई युग के हत्यारों की सजा का फैसला आज शीर्षक से दैनिक जागरण ने खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी की एक खबर है हिमाचल की सात दवाओं के सैम्पल फेल एक ही संस्थान में दस करोड़ का घपला शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है चूना लगाने के लिये एक बैंक में खोले गए छात्रों के खाते मोबाईल नंबर भी एक ही दर्ज जबकि अजीत समाचार की सुर्खी है दस करोड़ की छात्रवृति एक ही संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों के नाम हुई जारी अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय बड़ा भंगाल का दर्द में लिखा है कि बड़ा भंगाल हिमाचल प्रदेश का ही हिस्सा है लेकिन अब तक विकास का पहिया यहां तक नहीं घूम सका नीति नियंताओं को विचार करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि माननीय हाईकोर्ट ने मंदिरों में आस्था का दानपत्र टटोलते हुए जो प्रश्न प्रछे हैं उससे मंदिर व्यवस्था का एक बड़ा तंत्र हिमाचल के विकास को रेखांकित करता है शीर्षक है श्रद्धा श्रद्धालु के प्रति जवाबदेही